आज देशभर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है आज प्रे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित किया गया लड़कियों को समानता का अधिकार दिलाने के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की बेटी व उनकी विभिन्न क्षेत्रो में उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम किया श्री मोदी ने अपने टवीट संदर्शो के जरिये कहा कि केन्द्र सरकार ने लड़कियों का आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये है जिसमें शिक्षा देने अच्छी स्वास्थ्य सेवायें देने व लिंगान्पात में संतल्न लाने जैसी योजनायें शामिल है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस लड़कियों का अधिकार देने के लिए कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का भी दिन है जो प्रयास कर है कि बालिकाओं को सभी अवसर व गरिमा मिलें नरेन्द्र मोदी सरकाार ने लड़कियों का शिक्षा दिलाने व लिंगान्पात में संत्लन करने की दिशा में काफी ध्यान दिया है

श्री मोदी ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए ये आवश्यक है कि लड़के व लड़कियों की संख्या में अंतर को खत्म किया जा सके और ऐसा होना बह्त जरूरी है

ग़हमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़कियों की स्कूली शिक्षा हेत् आगे आने की दर बढ़ाई है और लिंगान्पात में काफी सुधार हुआ है श्री शाह ने दोहराया कि सरकार लड़कियों को आत्म निर्भर बनाने हेत् दृढ़ निश्चयी है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि नारी के बिना संसार अध्रा है तथा सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए और बेटियों को आगे बढऩे के व आत्मनिर्भर बनने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए श्री कंवरपाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज यम्नानगर में बधाई देते हए कहा कि देश में बेटियों की कम होती संख्या को देखकर बेटियों का हौंसला बढ़ाने व समाज को कन्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा है

चंडीगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा कांसल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्षा केशनी आनंद अरोड़ा ने शिरकत की उन्होंने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है तथा समान अवसर मिलने पर वो अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवा रही है

देश में अबतक एक करोड़ तीन लाख से अधिक लोगों ने कोविड को मात दी है और अब इसके एक्टिव मामले कम होते चले जा रहे है

आज करनाल में एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुईु है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचकूला के बजाए अब हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे

इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी कार्यक्रम यथावत रहेगा तथा केन्द सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अन्पालना की जाएगी पानीपत में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर म्ख्यमंत्री मनोहरलाल परेड की सलामी लेंगे और तिरंगा झंडा लहरायेंगे मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पानीपत का प्लिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है और यहां स्रक्षा के लिए प्ख्ता बंदोबस्त किए जा रहे है हालांकि किसान संगठनों द्वारा गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन को आश्वस्त किया गया है लेकिन जिला प्रशासन स्रक्षा को लेकर किसी तरह की ढिलाई नही बरत रहा है

कल पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा ताकि उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करेन हेत् प्रेरित किया जा सके जो अब तक योग्य होने के बावजूद अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाये है

हरियाणा प्लिस के मानव तस्करी को रोकने वाले विभाग के एएसआई राजेश क्मार को लापता बच्चों को तलाश कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपने में उल्लेखनीय प्रतिबद्धता के लिए ओडिशा के कटक में सम्मानित किया गया